झारखंड में कोरोना से स्वस्थ होनेवालों की संख्या लगातार बढ़ रही है और यह दर बढ़कर इक्यानबे प्रतिशत से अधिक हो चुकी है

उपायुक्त छवि रंजन और सिविल सर्जन डा वीबी प्रसाद ने संयुक्त रूप से अस्पताल के कोविड वार्ड का उद्घाटन किया इस कोविड डेडिकेटेड वार्ड में अब वैसे मरीज जिनमें सामान्य लक्षण होंगे या जिन्हें वेंटीलेटर की जरूरत नहीं है और जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है उन्हें सदर अस्पताल के कोविड वार्ड में इलाज की सुविधा मिल सकेगी सिविल सर्जन डा वीबी प्रसाद ने बताया कि अमी ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की शुरुआत की गई है जल्द ही वेंटीलेटर सपोर्टेड बेड की भी शुरुआत की जाएगी

कोविड से स्वस्थ लोगों की संख्या निरंतर बढ़ने से देश में कोविड उपचार करा रहे लोगों की संख्या कम करने में मदद मिली है

उन्होंने कहा कि भारत ने जांच की क्षमता बढ़ा कर प्रतिदिन पंद्रह लाख कर दी है

स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से आगामी त्योहारों के मौसम में कोरोना संक्रमण से संबंधित सभी सावधानियों का पालन करने की अपील की है

इस सिलसिले में डॉ भार्गव ने कहा कि शरीर में एंटी बॉडी के चार महीने तक जीवित रहने की संभावना होती है इससे पहले आइसीएमआर ने कोविड के दोबारा संक्रमण के वास्तविक संकट के सिलसिले में किए जाने वाले अध्ययन के बारे में बताया था और कहा था कि इसका परिणाम दो सप्ताह में आ सकता है कोविड के दोबारा संक्रमण की समस्या का सबसे पहले हांगकांग में पता चला था

पुनर्परीक्षा आज दिन के दो बजे और शाम पांच बजे आयोजित की जाएगी उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने पुनर्परीक्षा का आयोजन किया है

बेरमो विधानसभा उपचुनाव के लिए आज भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी योगेश्वर महतो ने नामांकन पत्र दाखिल किया इस मौके पर भाजपा और आजसू पार्टी के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित थे इधर कांग्रेस प्रत्याशी कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह भी अब से कुछ देर बाद नामांकन दाखिल करेंगे वे नामांकन दाखिल करने के लिए निर्वाची कार्यालय के कक्ष मे प्रवेश कर चुके हैं पर्चा दाखिल करने के बाद के बाद कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम कृषि मंत्री बादल और प्रदेशा कांग्रेस प्रवक्ता आलोक कुमार दूबे समेत अन्य जैना मोड़ में आयोजित क जनसभा को संबोधित करेंगे

रेलवे बोर्ड ने हटिया लोकमान्य तिलक टर्मिनल के साथ साथ हटिया यशवंतपुर टाटा यशवंतपुर टाटा पटना ट्रेन और रांची से आनंदविहार ट्रेन को भी हरी झंडी दे दी है रांची हावड़ा रांची के बीच एक फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन प्रतिदिन चलेगी

पलामु जिले में इस वर्ष अच्छी बारि के कारण धान का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है पिछले एक द ाक से सुखा की मार झेल रहे पलामु जिले में धान के उत्पादन से किसानों के चेहरे पर खुी दिख रही है

इसी के तहत जिले में दीदी बाड़ी योजना का शुभारम्भ किया गया है

उन्होंने कहा कि सभी सीएचसी में मरीजों के रजिस्ट्रेशन और आयुष्मान भारत में उनके रजिस्ट्रेशन के आंकड़े में बड़ा अंतर है जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है